प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है इसके अंतर्गत बुजुर्गों को खरीद मूल्य या निर्धारित राशि जमा कराने पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन उपलब्ध कराई जाती है विधानसभा भेंट प्रदेश में कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष ने विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है इस संबंध में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अन्य सदस्यों के साथ विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार से कल शिमला में भेंट की इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य भी मौजूद रहे

विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कोरोना महामारी के बारे लोगों के जागरूक करने का आग्रह किया इससे पहले विधानसभा की लोक लेखा समिति लोक उपक्रम समिति और प्राकलन समिति की बैठकें भी हुई

मंडी जिले से कल रात चार जबकि सोलन जिले से पांच मामलों की पुष्टि हुई है सोलन से हमारे जिला संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा ने बताया कि ये पांच कोरोना पॉजिटिव लोग मानपुरा स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे

निधन ठियोग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक राकेश वर्मा का हदयघात से कल रात शिमला के आईजीएमसी में निधन हो गया

राकेश वर्मा के निधन से ठियोग व उनके पैतृक गांव बलसन में शोक की लहर दौड़ गई है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने पूर्व विधायक राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर दुःख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं एक ट्विट में उन्होंने कहा है कि ठियोग क्षेत्र के विकास में राकेश वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भी पूर्व विधायक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है

राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंक रोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र छोटा शिमला स्थित सदभावना चौक पर स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर की अध्यक्षता में पार्टी के अन्य सदस्य भी उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक व प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश में अंतर जिला परिवहन सेवाएं शुरू करने की तैयारी पंजाब केसरी का शीर्षक है मंत्रिमण्डलीय उपसमिति ने पास किया प्रस्ताव मंत्रिमण्डल लेगा अंतिम निर्णय

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है दोषी ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट निविदाओं में हिस्सा लेने की नहीं मिलेगी अनुमति